पांचवें चरण का प्रचार कल होगा समाप्त

सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के हिंडोन में जनसभा को सम्बोधित किया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले के बाद यह आतंकवाद और उसके सरगनाओं पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक है उधर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए बैंक खातों में पैसे होंगे उन्होंने कहा कि लोगों से ये शक्ति नोटबंदी और जी एस टी जैसे कदमों के कारण छीन ली गई थी गौरतलब है कि पांचवें चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा इस चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा

चक्रवात फोनी आज सुबह करीब आठ बजे ओडिसा के पुरी तट पर पहुंचा

ओड़िसा में कई दशकों का यह सबसे भीषण तूफान है इस चक्रवात से भारी विनाश हुआ है कई जगह हजारों पेड़ और बिजली के खम्भे उखड़ गए हैं और कच्चे मकान नष्ट हो गए हैं मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है राज्य के विभिन्न इलाकों में कम से कम पांच लोग मारे गए हैं

चक्रवात फोनी का असर पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भी पड़ा है मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के आज रात या कल सुबह तक पश्चिम बंगाल पहुंचने की आशंका है स्लग पीएम ऑन फोनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार चक्रवात फोनी से प्रभावित राज्यों ओडिसा पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और केन्द्र शासित प्रदेश पुद्दचेरी से लगातार सम्पर्क में है आज राजस्थान के हिण्डोन में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने तूफान प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तटरक्षक बल सेना और नौसेना बचाव कार्य में लगे हैं

पिछले दो दिन के आंधी तूफान से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन कृषि के लिहाज से बेहतर रहेंगे मौसम साफ रहेगा

इस दौरान कुल सात खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा इसके तहत बागेश्वर जिले में भी युवा खिलाड़ियों का विभिन्न खेलों में ट्रायल किया जा रहा है

जिला स्तर से राज्य स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों की अंतिम सूची घोषित करने के बाद इनकी अंतिम चयन प्रक्रिया होगी

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने इस संबंध में विभिन्न विभागों नगरपालिका और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने नगर क्षेत्रों में अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए साथ ही अधिकारियों को स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने का भी आदेश दिया इस बार चारधाम यात्रा सीजन में पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा जिलाधिकारी ने सभी दुकानों और नगर क्षेत्र में सघन चौकिंग अभियान चलाकर पॉलीथीन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और तीर्थयात्रियों को प्लास्टिक रेनकोट की जगह कपड़े के रेनकोट किराए पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं

प्रशासन ने यात्रा में पड़ने वाले पड़ावों चमियाला घनसाली चंबा और लम्बगांव बाजार में पार्किंग के लिये प्लान तैयार किया है घनसाली में स्थाई और चमियाला में अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था की गयी है यात्रा के दौरान बिलेश्वर से चमियाला बाजार तक सड़क के किनारे छोटे बड़े किसी भी प्रकार के वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध होगा चंबा में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुख्य चौराहे पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की है मुख्य मार्गों में पेयजल शौचालय और स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है जिलाधिकारी सोनिक ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुगम यात्रा के लिए ऋषिकेश गंगोत्री और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड का कार्य लगातार प्रगति पर है और इस पर डामरीकरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है स्लग कुमाऊं आयुक्त जून माह से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध में कुमाऊं मंडल के आयुक्त राजीव रौतेला ने कुमाऊं मण्डल विकास निगम के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की उन्होंने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जिलाधिकारियों को यात्रा को त्रुटिहीन तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं आयुक्त ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विजय कुमार जोगदण्डे को सुगम यात्रा के लिए सम्पर्क मार्गों आवासीय और चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिये उन्होंने यात्रा मार्गो को द्रुस्त करने के भी निर्देश दिये उन्होंने काठगोदाम से धारचूला और धारचूला से नजंग तक यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए कुमाऊं आयुक्त ने यात्रा मार्ग के पड़ावों में यात्रियों के लिए आवासीय व्यवस्था करने और खाने में कुमाऊंनी पकवान शामिल करने के भी निर्देश दिये

साथ ही वे भविष्य की तैयारियों में भी जुट गए हैं देहरादून में बेहतर नतीजे हासिल करने वाले विद्यार्थी कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे परिवार और स्कूल का बड़ा योगदान रहा उनका मानना है कि एक बच्चे को पढ़ने लिखने का माहौल देना जरूरी है

स्लग स्वच्छता अभियान अल्मोड़ा में आठ मई को वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा इसकी तैयारियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की